प्रदेश में संबल योजना का नाम बदलकर नया सबेरा किया गया फिर जारी होंगे नये काई

नीति आयोग बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रापति भवन में नीति आयोग की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे नई सरकार के गठन के बाद शासी बैठक की यह पहली बैठक होगी इस बैठक की कार्यसूची में वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम कृषि सुधारों और विशेष रूप से वाम प्रभावित उग्रवाद वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं शासी परिषद् पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी बैठक में भावी विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा भी की जाएगी नीति आयोग की शासी परिषद् में प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यामंत्री केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्य्याल और अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रक्षामंत्री गृहमंत्री वित्त और कम्पनी कार्यमंत्री कृषिमंत्री ग्रामीण विकासमंत्री पदेन सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं महंगाई भत्ता प्रदेश के सात लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों अध्यापकों सहित अन्य कर्मचारियों का सरकार ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है वित्त विभाग ने कल इसके आदेश जारी कर दिए

साढ़े चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स को महंगाई राहत के लिए अभी इंतजार करना होगा छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा

छठवें वेतनमाह प्राप्त कर्मचारियों का डीए छह फीसदी बढ़ाया गया है पंचायत सचिवों का महंगाई भत्ता भी छह प्रतिशत ही बढ़ाया गया है

जनवरी से अप्रैल तक का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाएगा मई से इसका नकद भुगतान होगा निपाह वायरस गुना जिले में पिछले दिनों हुई चमगादड़ों की मौत के बाद गुना और ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुये लोगो को सजग और सतर्क रहने की हिदायत दी है ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग के अमले से किसी मरीज को तेज बुखार आने सिरदर्द बदनदर्द खासी औ सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाये जाने पर जिला चिकित्सालय भेजने के साथ सीएमएचओ कार्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं इसी तरह की एडवाइजरी गुना में भी जारी की गई है बताया गया है कि पिछले दिनों गुना में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हुई थी चमगादड़ों मौत की एक वजह गर्मी और लू बताई जा रही है इस मामले में हमारे संवादाता गुना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीबुनकर से बात की

इसमें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कार्तिकेय गुप्ता ने पहली रैंक हासिल की है

इसके साथ ही वे महाराष्ट्र के सेकंड टॉपर रहे

श्रम विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिये हैं आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा इसके लिए नये कार्ड जारी किये जायेंगे गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने यह योजना शुरू की थी जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिये जाते हैं आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सबेरा के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को त्वरित गति योजनाओं के लाभ के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिल सके इसे देखते हुए नवीन कार्ड जारी किये जायेंगे जिसमें श्रमिक का आधार मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि नवजात शिशुओं के उपचार के लिये खण्डवा जिला अस्पताल में एक करोड की लागत का अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भवन बनाया जायेगा श्री सिलावट खण्डवा जिले के ग्राम रोशनाई में दस्तक दल की गतिविधियों का जायजा लेने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे

इसी क्रम में श्री सिलावट कल रोशनाई गाँव पहुँचे थे श्री सिलावट ने कहा कि कुपोषित बच्चों को निकटतम पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करायें वृक्षारोपण ग्वालियर जिले में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के साथ ही पौधों के बड़े होने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध हो सके

कार्यशाला मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद की पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा उज्जैन के कालिदास अकादमी परिसर में आयोजित पारम्परिक पंजाबी लोक नृत्य और गायन की प्रशिक्षण कार्यशाला आज संपन्न हो जाएगी

उल्लेखनीय है कि उज्जैन में पहली बार पंजाबी कला और संस्कृति पर कार्यशाला आयोजित की गई है

समापन दिवस पर प्रतिभागी कलात्मक प्रस्तुतियाँ भी देंगे

बुजुर्गो के प्रति दुर्व्यवहार में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में आज दो मैच खेले जाएंगे